शहीदों के परिवारों को सहायता देने के लिए जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्मृति चिन्हों और उपहारों की नीलामी की गई प्रदेशभर में आज महाशिवरात्रि का पर्व परम्परागत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है

उन्होंने आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए साथ नहीं देने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा है श्री नरेन्द्र मोदी ने कल पटना के गांधी मैदान में संकल्प रैली में कहा कि विपक्ष कहता है कि मोदी को खत्म किया जाना चाहिए लेकिन वह खुद चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में विपक्ष को साथ आना चाहिए उन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने के लिए विपक्ष की आलोचना की

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सेनाओं की आध्रनिक हथियारों की मांग को पूरा करने का फैसला किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की भी मदद की है उनके खातों में पैसे पहुंच रहे हैं किसानों को उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशक मिल रहे हैं

उन्होंने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष को विरोध करने और सवाल पूछने का हक है लेकिन इसमें संयम और राजनय जरूरी है श्री जेटली ने अपनी फेसब्वक पोस्ट में कहा कि जब पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है और सशस्त्र सेनाओं के साथ खड़ा है तो उस समय विपक्षी पार्टियां ऐसे बयान जारी कर रही हैं जो आतंकवाद के खिलाफ भारतीय अभियान को कमजोर कर रहे हैं

वीरांजली कार्यक्रम में मिली राशि को शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया गया

इस बार महाशिवरात्रि सोमवार को होने की वजह से इसका विशेष महत्व माना जा रहा है राजधानी जयपुर सहित प्रदेश को प्रसिद्व शिव मन्दिरों में आज तड़के से ही दर्शनार्थियों की लम्बी कतारें लगी हुई हैं मॅन्दिरों में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इन्तजाम किए गए हैं उदयपुर के कैलाशपुरी में आज से दो दिन का मेला शुरू हो रहा है राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने महाशिवरात्रि पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

इस अवसर पर मुस्लिम धर्मावलम्बियों ने एक दूसरे को गले मिलकर उर्स की मुबारकबाद दी

श्री राठौड़ ने कल जयपुर में ग्रामीण डाक सेवकों के सम्मेलन में भाग लिया

श्री राठौड़ ने जयप्र ग्रामीण की बानसूर विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज के वार्षिक उत्सव में भाग लिया और सांसद कोष से बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन भी किया इसके अलावा उन्होंने श्री गिरधारी दास गौशाला के वार्षिक उत्सव में भी शिरकत की